चार मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर कल रात राष्ट्र ने कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ाई लड़ने और जीतने का संकल्प व्यक्त किया कल रात नौ बजे देशभर में मोमबत्तियां दिए और टार्च लाइटें जलाई गई

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीटर हैण्डल पर यह श्लोक भी साझा किया आरोग्यमं करोति कल्याणम दीपमं शुभम करोति कल्याणमं आरोग्य धन सम्पदा शत्रु ब्रद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने आवास पर मोमबत्ती प्रज्जवलित कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देशवासियों के साथ एकजुटता दिखाई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी प्रधानमंत्री की अपील पर रोशनी जलाकर प्रतिबद्धता जतायी बोध गया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने दीप प्रज्जवलित किया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी वर्ग और समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों की रोशनी बंद कर दीप और मोमबत्तियां जलाकर कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ाई जीतने का संकल्प व्यक्त किया केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री की अपील पर कोविड उन्नीस के संक्रमण के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए आम लोगों को धन्यवाद दिया है बाईट जब देश पर कोई संकट आता है तब कोई कोई छोटी चीजे लगती है लेकिन जनता की ताकत को प्रकट करती है अब प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपील किया

देश को हम बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री को भी हम बधाई क्योंकि जब संकट का पूरा दुनिया उससे जूझ रही है और रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं तब एक देश एक साथ खड़ा है तो मतलब देश की सरकार जो भी कहेगी देश की सुरक्षा के लिए हर आदमी की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस महामारी के बीच संक्रमित लोगों को अलग रखने की सुविधाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं इनमें कहा गया है कि एकांतवास की सुविधा मुख्यतः शहर के बाहरी इलाकों में स्थापित की जानी चाहिए और ऐसे प्रबंध होने चाहिए कि अलग रखे गये व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवाकर्मियों या उनका सहयोग करने वाले कर्मचारियों के बीच बातचीत कम से कम हो स्वास्थ्य मंत्रालय की द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि ऐसे केन्द्रों की निगरानी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रभारी या नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना के मामले लगभग चार दिनों में दोगुने हो रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अगर तब्लीगी जमात का हादसा नहीं होता तो यह दर सात दशमलव चार दिन की होती उन्होंने बताया कि देश भर में कोरोना वायरस से दो सौ चौहत्तर जिले प्रभावित हैं

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति संतोषजनक है

इधर उपभोक्ता कार्य सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर खाने पीने और किराने की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस काम लगे ट्रक चालक और कामगारों को अपने कार्य स्थल तक पहंचने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है साथ ही पुलिस के सहयोग से वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को भी कहा गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रमुख वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने कहा कि कोविड उन्नीस का संक्रमण हवा से होने का कोई प्रमाण नहीं है बाईट एयर बोन होता था इंफेक्शन ड्रॉपलेट इंफेक्शन नहीं है एयर बोन इंफेक्शन है तो कोई भी फैमिली में जो भी कॉन्टेक्टस् हैं सारे के सारे पॉजिटिव आने चाहिये वह तो वहीं माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में वह जो पेसेंट हैं वह भी सांस ले रहा है और हवा छोड़ते ही जा रहा है हम को यह समझाना बहुत ही जरूरी है उसको हम हमारी भाषा में बायोलॉजिकल प्लोजीब्लिटी बोलते है कि एक अंदाज कि यह सही में दिखता है या नहीं दिखता है परिषद ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से बचने की सलाह दी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल बत्तीस पर स्थिर है इनमें से अब तक चार लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि एक मरीज की मौत हुई है राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार अब तक तीन हजार सैंतीस नमूनों की जांच हो चुकी है इनमें से सात सौ छह नमूनों की रिपोर्ट आनी बाकी है इधर देश में संक्रमित मामलों की संख्या तीन हजार पांच सौ सतहत्तर तक पहुंच गई है अस्पतालों से दो सौ चौहत्तर लोगों को छुट्टी दे दी गई है जबकि तिरासी लोगों की मौत हुई है केंद्र सरकार ने बिहार को पन्द्रह हजार एन नाइनटी फाईव मास्क और पन्द्रह हजार पी पी ई किट भेजा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि केंद्र ने जल्द ही अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की आपूर्ति का आश्वासन दिया है उन्होंने बताया की जिला स्तर पर स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के भी निर्देश दिए गए हैं प्रलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि क्वारंटीन किये गये लोग यदि हंगामा करते है तो उनपर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जायेगा श्री पांडेय ने कहा कि ऐसे लोगों को चौदह दिन की अवधि प्ररी होने के बाद जेल में डाल दिया जायेगा उन्होंने बताया कि सीवान में क्वारंटीन में हंगामा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में छह सौ सत्रह प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार चार सौ बीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं आठ हजार सात सौ चौरानवे वाहन भी जब्त किये गये हैं अब तक दो करोड़ चार लाख रूपये की राशि ज़र्माने के रूप में वसूली गयी है मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने राशन कार्ड के अस्वीकृत आवेदनों की दोबारा समीक्षा का अधिकारियों को निर्देश दिया है श्री कुमार ने यह काम तीन दिनों के अंदर प्ररा कर आवेदकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने को कहा है पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने कृषि इनपुट की राशि भी तत्काल किसानों के खाते में भेजने का निर्देश दिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने आयुष चिकित्सकों की सेवा लेने का फैसला किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया गया है उन्होंने बताया कि राज्य में अभी आयुष के अन्तर्गत तीन हजार इक्कीस चिकित्सक काम कर रहे हैं राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां तीस अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया गया है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज से कोरोना वायरस संक्रमण की जांच शुरू हो जायेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने इसकी मंजूरी दे दी है ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के तत्काल बाद मनरेगा के तहत कार्य शुरू कर दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए अठहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की गयी है उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार के कामगारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की है

बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी रेरा ने राज्य की सभी योजनाओं को पूरा करने की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने लोगों को अपने आपको सुरक्षित रखने तथा कोविड उन्नीस के सामुदायिक संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए घर में रहने की जरूरत पर बल दिया है

जब हम सोशल डिस्टेंशिंग नहीं कर रहे हैं जब हम लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं तो वहां पर चार्सेज होने के ज्यादा हैं अगर हम देखें की हमारे फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेड होने वाला है तो उस पर डिपंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है सोशल डिस्टेसिंग कैसा रहता है तो हमारा जो हम बात कर रहे हैं कि जो पीक आएगा

नम्बर ऑफ कैसेज बहुत कम हो जाएंगे

इसको पूरी तरह से पूर्णतरू हम समी लोग उसमें सहयोग करें और उसको मानें नई दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि यह धारणा गलत है कि केवल बुजुर्गो को ही कोविड उन्नीस से खतरा है उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए तथा सामाजिक दूरी और स्वच्छता की सलाह माननी चाहिए

टिशू पेपर रखें रूमाल रखे कोहनी रखे बचाव करे

अगर आप पहले ही एक दो मिनट का फासला बनाकर रखेंगे तो उसका आप तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है तो कांट्रेक्ट ट्रांजमिशन की बात आई फार्मेल्टी तो उसके लिए हम कहते हैं आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी द्वारा निकलता रहेगा और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तब आप सैनिटाइजर इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिस्कोमान ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ग्यारह लाख रूपये की सहायता राशि दी है इधर महावीर जयंती के अवसर पर जैन संघ आज मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच लाख रूपये का अंशदान करेगा पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाना क्षेत्र के कलवारी द्रबहा में लॉकडाउन के दौरान गृह प्रवेश समारोह का आयोजन करने के मामले में पुलिस ने गृहस्वामी समेत समारोह में शामिल होने वाले कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है पटना पुलिस ने ट्वीटर पर कोरोना के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने के संबंध में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है औरंगाबाद जिले में फेसबुक पर कोविड उन्नीस के संदर्भ में आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है गया शहर में पुलिस के जवानों ने जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों को सामाजिक दूरी के नियमों के बारे में जानकारियां दी जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनायी जा रही है लॉकडाउन के मद्देनजर इस बार किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी गयी है भगवान महावीर के निर्वाण स्थल नालंदा जिले के पावापुरी में हर साल आयोजित होने वाला समारोह भी इस बार नहीं हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रात नौ बजे देशभर में दीया जलाने की खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्द्रस्तान ने लिखा है दीयों संग कोरोना से मुक्ति की दुआ दैनिक भास्कर लिखता है बिहार के लिए सुकून का दीया रविवार को सात सौ छह सैंपल जांचे गये एक भी पॉजिटिव नहीं दैनिक जागरण प्रभात खबर आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

चार मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे